इंदौर में कल से शुरू होगा सीरो सर्वे

आत्मनिर्भर मप्र वेबीनार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा है कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बडे पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार कर रही है ये सुविधायें चरणबद्व तरीके से अमल में लाई जायेंगी डाक्टर हर्षवर्द्वन आत्मनिर्मर मध्यप्रदेश के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर आज आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की ब्लाक स्तर पर संकामण बीमारियों से निपटने के लिए सौ बिस्तरों की सुविधा वाले केन्द्र स्थापित करने की योजना है उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश के अस्पतालों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में खाली पड़े पदों को भरने की पहल करें ताकि रोजगार के साथ लोगों को ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधायें मिल सकें वेबिनार में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी भागीदारी की

श्री निशंक ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं में आमूल चूल बदलाव करना है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परम्परागत और अंतर विषयों की प्रणाली के बीच संतुलन बनाया गया है मुख्यमंत्री ने बेवीनार को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञाने देना नहीं है शिक्षा ऐसी हो जिसमें भावी जीवन की तैयारी हो उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति का आदर्श कियान्वयन किया जायेगा

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कोई भी अस्पताल बिना डॉक्टर व सुविधा के न रहे अस्पतालों में उपचार व जांच की सभी सुविधाएं और संसाधन मौजूद हों इसके साथ ही दवाओं के साथ साथ सर्जिकल उपकरण भी प्रदेश में बनें

इस संबंध में रेलये ने आज आदेश जारी किया है

हालांकि मई महीने में सरकार ने क्छ विशेष और श्रमिक ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी थी

इन जनसुविधा केन्द्रों से सभी शासकीय एवं अन्य सेवाएँ उचित दर पर आम आदमी को उपलब्ध कराई जावेगी इससे ग्राम पंचायत स्तर पर सभी शासकीय अन्य कार्यो में पारदर्शिता सक्षमता और विश्वसनीयता में यृद्धि होगी एवं ग्राम पंचायतें डिजीटलाईजेशन की ओर बढ़ेंगी

वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है

आज भी एक सौ पैतीस लोगों को अस्पताल से छट्टी दी गई

सिवनी में आज दो कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं उपचार को दौरान दो मरीजों की मृत्यु हुई है

उधर अनुपपुर कलेक्टर कार्यालय को दो दिन के लिए आम लोगों के लिए बंद किया गया है कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी की कोरोना जांच की जायेगी

इं दौर सीरो सर्वेक्षण इंदौर जिले में कोरोना वायरस के प्रति नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए कल से सीरो सर्वेक्षण ष्रू किया जा रहा है इंदौर कोरोना संक्रमण के मामले में फिलहाल प्रदेष में षीर्ष स्थान पर हैं

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इंदौर में सीरो सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है भारत सरकार की ओर से षासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय को सीरो सर्वेक्षण किट मिल चुके हैं

इसके तहत प्रत्येक घर से एक व्यक्ति का खून का नमूना लिया जाएगा इसके बाद जांच के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एटीबाडी विकसित हो चुके है इस सर्वेक्षण से यह भी पता चल सकेगा कि कितने प्रतिषत आबादी में हर्ड इम्यूनिटी यानि सामुदायिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है

प्रत्येक दल में दो सदस्य रखे गए हैं

इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के आधार पर कैदी के परिजन या वकील मोबाइल फोन या कम्प्यूटर के माध्यम से बात कर सकेंगे केन्द्रीय जेल अधीक्षक राकेष क्मार भांगरे ने बताया कि इस सुविधा का लाभ ये ही कैदी ले सकेंगे जिन्हें इनकमिंग दूरभाष की पात्रता है

मौसम अरब सागर और बंगाल की खाडी में बने सिस्टम के असर के चलते पिछले चौबीस घंटों में जबलपुर मंडला उमरिया सहित दो दर्जन से अधिक जिलो में बारिश हयी

इसके अलावा प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थिति मंडला उमरिया नरसिंहपुर छिंदवाड़ा और सिवनी में भी अच्छी बारिश हुई वही बुंदेलखंड़ अंचल के सागर दमोह टीकमगढ़ छतरपुर में वर्षा दर्ज की गयी वहीं विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रीवा सीधी के अलावा प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी इलाकों में भी बारिश हुयी है विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अन्य स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा की संभावना जताई है

जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी कर्मचारियों ने मास्क बैंक में एक हजार मास्क दान किए हैं